सेना फौज प्रमुख जरनल विपिन रावत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान योजनाबद्व तरीके से घुसपैठ करता रहा तो भारतीय फौज के पास जवाबी कार्यवाही के बहत से विकल्प है

जनरल रावत ने कहा है कि पत्थर फैंकने वाले और कोई नहीं बल्कि आंतकवादियों के ज़मीन पर काम करने वाले लोग है उन्होंनेकहा कि हाल ही पत्थर फैंकने की घटना में एक सिपाही की मृत्यु के बाद फौज ने पत्थर फैंकने वाले के विरूदव एफआईआर दर्ज करवाई है

म्ख्यमंत्री आज हरियाणा भवन नई दिल्ली में वर्तमान सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजिस प्रैस वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे म्ख्यमंत्री ने कहा कि इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है और विकास की दृष्टि से यह शहर सिंगाप्र से कम नहीं होंगे

एसवाईएल पर प्छे प्रशन पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल पंजाब में जाते हैं तो एसवाईएल पर पंजाब का हक बताते हैं दिल्ली में आते हैं तो इस पर दिल्ली का अधिकार जताते हैं और हरियाणा में आने पर एसवाईएल के मामले पर मौन हो जाते है

उन्होंने कहा कि भावांतर भरपाई योजना से किसानों को स्दृढ करने का काम सरकार ने किया है सब्जियों के बाद अब बाजरे की फसल को भी शामिल किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार सांझा करेंगे

साथ ही इसका प्रसारण प्रधानमंत्री कार्यालयय के सभी यू टयूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जायेगा

वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति में वैचारिक स्तंभ कायम किया

उन्होंने जोर देकर कहा कि जो वंशवाद में भरोसा रखते है वोह लोकतंत्र में विश्वास नही रख्ते श्री जेटली ने कहा कि भारत को एक मजबूत केन्द्र और मजबूत राज्य सरकार होने चाहिए और जब जब संघीय सरकार बनाने के अलावा राजनीतिक पाट्रियां इकट्ठी हुई है उनका गठबंधन बहुत देर तक नहीं चला उन्होंने कहा कि अभी भी भ्रष्टाचारी और अपराधी नेताओं को वोट दिए जा रहे है भ्रष्टाचार अभी भी एक बहृत बड़ी च्नौती है भाजपा सरकार के चार पूरे होने पर हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य एंव खेलमंत्री अनिल विज ने कहा कि चार सालों मे स्वास्थ्य विभाग मे महत्वपूर्ण तरक्की हई है

उन्होंने कहा कि हरियाणा मे आय्ष्मान भारत योजना सबसे पहले आरंभ की गई है और उससे लोगों को लाभ मिल रहा है

खेल विभाग के बारे श्री विज ने कहा कि हरियाणा प्रदेश पूरे देश मे खेल फैक्टरी के रूप मे उभर कर सामने आया है

अम्बाला की उपाय्क्त शरणदीप कौर बराड़ ने पराली जलाने के मामले में शामिल गांव सौंटा के नम्बरदार बचना सिंह को निलम्बित करने के आदेश जारी किए हैं आज कैम्प कार्यालय में जिला में पराली जलाने की घटनाओं और पराली न जलाने के लिए किसानो को जागरूक करने की गतिविधियों की समीक्षा के बाद उन्होंने बताया कि नम्बरदार बचना सिंह ने अपने खेत में पराली को जलाया था और इस मामले में एसडीएम मीनाक्षी दहिया ने मौके का म्आयना करके रिपोर्ट प्रस्त्त की थी

हड़ताल के बावजूद करनाल मे बसें सचारू रूप से चलनी शुरू हो गई है